केन्द्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल स्टेट सेक्टर को बढावा देने के लिये सात सदस्यों के मंत्री समूह का गठन किया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशखेर वेम्पति ने कहा आकाशवाणी समाचार निजी एफएम चैनलों से साझा किया जाना एक एतिहासिक कदम

आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया और उप नेता राजेन्द्र राठौड ने अनुमोदन किया श्री जोशी के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें सत्ता और विपक्ष द्वारा श्भकामनाएं दी गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि उनके अध्यक्ष काल के दौरान राजस्थान नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशी के कंधो पर बड़ी जिम्मेदारी है जिसका उन्हें निर्वहन करना होगा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने जोशी को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि लोकतंत्र के संचालन की बड़ी जिम्मेदारी श्री जोशी के ऊपर है जिसे वे कुशलता के साथ संभालेंगे बाद में सदन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सदन के नियम और कानून को पालन करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा संसदीय परम्परा को आगे बढाने और नये राजस्थान के निर्माण के लिये वे सभी सदस्यों के सहयोग से काम करेंगे

बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही को कल तक के लिये स्थगित कर दिया

गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समूह के संयोजक होंगे महाराष्ट्र कर्नाटक केरल पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री इसके सदस्य होंगे जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया था यह समिति जमीन लेन देन की वैधता की जांच करेगी और उचित मूल्यांकन सम्बंधी सुझाव देगी

बिल्डरों के उपमोक्ताओं को इनपूट टैक्स क्रेडिट के लाभ न देने की शिकायतें भी हैं

श्री प्रभु ने कहा कि यह काम देश में ही होने से धन की बचत होगी और रोजगार के अवसर भी बढेंगे

उन्होंने कहा कि अब माल दलाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है और सरकार ने पहली बार इस क्षेत्र की मजबूती के लिए नीति तैयार की है श्री प्रभू ने कहा कि हाल में ड्रोन नीति जारी की गई है और संरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए भी यह उपयोगी बन सके दो दिन का यह सम्मेलन विश्व में अपनी तरह का पहला आयोजन है

कल दूरदर्शन समाचार में एक परिचर्चा में भाग लेते हुए श्री वेम्पटि ने कहा कि आकाशवाणी समाचार वर्षो से देश में विश्वसनीय और प्रमाणिक समाचारों का मानक रहा है उन्होंने कहा कि एफएम चौनलों से केवल हिंदी और अंग्रेजी समाचार साझा करने की अनुमति दी गई है लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचारों के प्रसारण से वास्तविक क्षमता सामने आ सकेगी

पुलिस ने बताया कि आडसर गांव निवासी ये किसान खेत में काम कर रहा था इस दौरान वहां से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ जाने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई

दोनो पुलिसकर्मी रात्रि में गश्त के दौरान अपनी जगह से नदारद मिले थे

मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने लहसुन के बोरो के नीचे छिपाकर लाई गई डोडापोस्त को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया

आज न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी से कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिली है सीकर का फतेहपुर आज भी सबसे ठण्डा स्थान रहा

समूचे शेखावाटी क्षेत्र में सर्द लहर जारी रहने से लोगों की परेशानियां बनी हई है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा के दूसरे संस्करण में परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माईगॉव ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानि पीसीआरए के उप निदेशक मेजर दीपक गुप्ता ने बताया कि इस दौरान रैलियों प्रतियोगिताओं और रोड़ शो के माध्यम से आमजन को इससे जोड़ा जायेगा